प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जलगांव में च्नावी सभा ली इसके पहले श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस च्नाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य की फड़णवीस सरकार के कामो के आधार पर लोगों से समर्थन मांगेगा वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहल गांधी का भी आज मुंबई के धारावी मे चुनावी सभा का कार्यक्रम है

कल छिंदवाडा में पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह समिट दिखावे के लिए नहीं हो रही है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आर्थिक मंदी को लेकर केन्द्र सरकार गंभीर नहीं है उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिये राज्य सरकार ने योजना बनाई है जिसके तहत टेक्सटाईल कारोबार पर जोर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं साथ ही इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे वाल्मीकि जयंती आज वाल्मीकि जयंती है इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल में महर्षि वाल्मीकि की शोभायात्रा निकाली जा रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई और श्भकामनाएँ दी हैं मुख्यमंत्री ने श्भकामना संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जिससे त्याग मानवता समरसता सदभाव और सेवा जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है श्री नाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाना चाहिए मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि समाज सहित प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि महर्षि वाल्मीकि के बताये मार्ग पर चलकर समाज में समरसता और सद्भाव के वातावरण को मजबूत बनायें वागीश्वरी पुरस्कार मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने आज भोपाल के मायाराम सुरजन स्मृति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित भवभृति अलंकरण प्रदान किया इस वर्ष यह सम्मान जाने माने कवि नरेश सक्सेना को प्रदान किया गया है कार्यकम में वागीश्वरी सम्मान सप्तपर्णी सम्मान और पुनर्नवा पुरस्कार भी प्रदान किये गये इस वर्ष वागीश्वरी सम्मान कविता के लिए जबलपुर की तिथि दानी गजल विधा के लिए लटेरी दौलतराम प्रजापति गद्य के लिए जबलपुर की बाबूषा कोहिली उपन्यास की लिए मंदसौर की मीनाक्षी नटराजन और कहानी के लिए जबलपुर की ममता सिंह को प्रदान किया गया इसी तरह अनुराग तिवारी विनोद विश्वकर्मा चित्रांश खरे और जितेन्द्र बिसारिया को प्नर्नवा पुरस्कार तथा बसन्त निरगुणे पूर्णचन्द्र रथ चिन्मय मिश्र और साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका कलासमय को सप्तपर्णी सम्मान से सम्मानित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कथाकार प्रियंवदा तथा अध्यक्षता जाने माने कथाकार गिरिराज किशोर ने की

इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध फिल्म निदेशक प्रियदर्शन और जानी मानी अभिनेत्री वहिदा रहमान को यह सम्मान दिया जायेगा आयोजन के दौरान किशोर कुमार के यादगार गीतों की प्रस्तृति मुम्बई के कलाकार रविन्द्र शिंदे और उनकी टीम द्वारा दी जा रही है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल सुबह से शुरू हआ किशोर दा के गीतों का कार्यक्रम आज भी जारी है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

इस बार अच्छी खबर में आज शाम के प्रादेशिक समाचारो में सुनिये आगरमालवा जिले में बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये शुरू किये गये अनूठे बेटी की पेटी अभियान के बारे में शरद प्रर्णिमा प्रदेशभर में शरद पूर्णिमा का पर्व आज परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है इस अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है महिलायें व्रत रखने के साथ साथ मध्य रात्रि में खीर के प्रसाद की तैयारियों में लगी हैं आगर मालवा में भी रात में भगवान को खीर को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया जायेगा वहीं जबलपुर के भेड़ाघाट में दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है